एयर इंडिया बदलाव सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के यात्रियों को निश्ल्क यात्रा की तिथि बदलने का विकल्प दिया है

इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा यदि कोई यात्री तारीख के साथ ही अपना मार्ग भी बदलना चाहता है तो उसे मार्ग बदलने का शुल्क भी नहीं देना होगा हालाँकि नये मार्ग पर किराया अधिक होने पर किराये के अंतर का भूगतान करना होगा यात्री एयर इंडिया के कॉल सेंटर कार्यालय या प्राधिकृत ट्रेवेल एजेंटों के माध्यम से अपने टिकट में ये बदलाव करा सकते हैं

यह राशि पंचायतों को मिलेगी और इससे पंचायत क्षेत्र में नये कार्य किए जा सकेंगे

गौशालाओं को आत्म निर्भर बनाना होगा श्री टंडन राजभवन में आयोजित ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नानाजी देशम्ख पश् चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलप्र द्वारा आत्मनिर्भर गौशाला और देशी गोवंश नस्ल सुधार परियोजना के ऑनलाइन प्रस्त्तिकरण के संबंध में विचार व्यक्त कर रहे थे श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में दूध की नदियाँ बहेंगी इस सपने को साकार किया जा सकता है आवश्यकता है कि गौ पालन को मूल्य संवर्धित कर लाभकारी बनाया जाए

खरगौन में तीन और मरीजो की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आई है

वहीं एक और क्षेत्र को कन्टेनमेंट से म्क्त कर दिया गया है खंडवा में भी दो मरीजों को आज स्वस्थ होने पर अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गयी उमरिया कलेक्टर का पद भार ग्रहण कर संजीव श्रीवास्तव ने आज कोरोना संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की

शासन ने उसे कोरोना संदिग्ध मानते हूए प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार किया इसके साथ ही अब पूरे परिवार को भी क्वारेंटाइन सेंटर में रखकर जांच की गई है

मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सा राजस्व और सफाई कर्मी एवं मीडिया कर्मियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया

जिनकी मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई है धार जिले में आज कोई भी नया कोरोना मरीज नही मिला हैं

दमोह में जिला प्रशासन के साथ किसानों ने भी अपने अपने खेतो में जाकर शोरग्ल कर उडद मूंग आदि की फसल बचाने का प्रयास कार्य जारी है कटनी में उप संचालक कृषि के एल कोष्ठा ने बताया कि टिड्डी दल का जिले के अन्य विकास खंडों में भी प्रभाव हो सकता है इसलिए सभी लोग सतर्कता बरतें आगरमालवा कृषि विभाग के उपसंचालक आरपीकनेरिया ने बताया कि जिले के ग्राम धरोला में आज एक किलोमीटर लम्बे व आधा किलोमीटर चैडाई वाले टिड्डी दल पर दो फायर ब्रिगेड तथा दो टैक्टर स्प्रेपम्प से दवाईयों का छिड़काव कर उन्हें नष्ट किया गया राजनीति कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कहा कि वर्तमान सरकार तो एक इंटरवल के समान है पिक्चर तो अभी बाकी है श्री कमलनाथ ने आज छिन्दवाड़ा में यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंडित नेहरु का उनकी पृण्यतिथि पर स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्वास्मन अर्पित किए हैं